प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि सभी राज्य और लोग लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं श्री मोदी ने कहा कि अब सभी हॉट स्पॉट तथा कंटेनमेण्ट क्षेत्रों में अधिक सतर्कता बरती जायेगी लॉकडाउन का और सख्ती से पालन किया जायेगा ताकि यह संक्रमण नये क्षेत्रों में न फैल सके उन्होंने कहा कि इस महीने की बीस तारीख तक हॉट स्पॉट के प्रबंधन तथा लॉकडाउन नियमों के अनुपालन के संदर्भ में सभी राज्यों जिलों और क्षेत्रों पर कड़ी नजर रखी जायेगी प्रधानमंत्रीने कहा कि इसके बाद जिन राज्यों में हॉट स्पॉट नहीं होंगे वहां कुछ शर्तों के साथ महत्वपूर्ण गतिविधियों की अनुमति दी जायेगी उन्होंने कहा कि इस बारे में सरकार केल विस्तुत दिशा निर्देश जारी करेगी श्री मोदी ने कहा कि नये दिशा निर्देश बनाते समय गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है

डॉक्टर आम्बेडकर को भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी के रूप में जाना जाता है

उनकी जन्मस्थली मऊ में भी आज कोई बडा आयोजन नहीं हआ अब मऊ को डाक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है जन्मस्थली के संचालकों ने पुष्पांजलि अर्पित की और बाबासाहेब के अनुयायियों से घर में रहकर ही उनके आदर्शों का पालन करने की अपील की खण्डवा में भी आज घर पर ही रहकर लोगों ने उनकी जयंती मनाई विशेष कार्यदल भाजपा द्वारा कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए एक विशेष कार्य दल का गठन किया गया है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा इस दल का संयोजक होंगे इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव नरोत्तम मिश्रा राजेन्द्र शुक्ला मीना सिंह जगदीश देवड़ा सांसद राकेश सिंह और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट को सदस्य बनाया गया है इस कार्यदल का कार्य सरकार के साथ समन्वय और संगठन की अधिक सकियता सुनिश्चित करना है

टीकमगढ़ जिले में भी कोरोनोवायरस का पहला मामला सामने आया है जिले के ग्राम लमेरा का यह व्यक्ति एक पखवाड़े पहले इंदौर से यहां आया था इसी तरह धार जिले में भी कोरोना वायरस से संकमित एक और मरीज मिला है इस महिला स्वास्थ्य कर्मी को मिलाकर यहां मरीजों की संख्या तीन हो गई है

मुरैना जिले के ग्रामीण अंचलों में कोरोना संकमण को रोकने के लिये जनपद पंचायतों द्वारा साबुन वितरित किया जा रहा है सतना जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ग्राहकों को टोकन के जरिए राशि का वितरण किए जाने की व्यवस्था की गई है प्रधानमंत्री के लॉकडाउन संबंधी अभिभाषण पर छतरपुर जिले के लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए कहा है कि यदि जिंदगी है तो सब कुछ है वहीं राजगढ़ के सांसद रोडमल नागर ने लोगों से घर में रहने की अपील की है